सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा और कल केन्द्रीय बजट पेश होगा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल शाम सर्वदलीय बैठक की उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग करने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जनहित के विभिन्न विधेयक पारित कराने में पूरा सहयोग करेंगे इधर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र के संबंध में आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद के बजट सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है सर्वदलीय बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकतर सदस्यों के उन सुझावों का स्वागत किया जिनमें कहा गया था कि इस सत्र में देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के कोरोना वायरस को लेकर अंतराष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की है ऐसा असाधारण स्थिति में किया जाता है ताकि इस बीमारी से निपटने के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तालमेल किया जा सके विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली वाले देशों में इस वायरस के फैलने की आशंका है उन्होंने इस बीमारी को अंतराष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल स्थिति बताया केन्द्र सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में प्रयोगशाला सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है आज से छह नई प्रयोगशालाएं काम करना शुरू करेगी जबकि छह प्रयोगशालाओं ने कल से काम करना शुरू कर दिया है कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने कल संबद्ध मंत्रालयों के साथ कोरोना वायरस से निपटने ेकी तैयारियों की समीक्षा की कैबिनेट सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ भी इस वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया सरकार ने बेहतर ढ़ंग से निगरानी के लिए संबद्व पर्यटक स्थलों पर चौक पोस्ट बनाने का भी फैसला किया है ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें नोडल अधिकारी नियुक्त करें और नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर को प्रचारित करें संबद्ध राज्यों द्वारा सूचना और संचार सामग्री स्थानीय भाषा में तैयार कराई जा रही है इधर प्रदेष में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और उपचार सुविधाओं की उच्च स्तर पर रोजाना मॉनीटरिंग की जा रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल में भी इस वायरस की जांच सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जाएगी गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित पहले रोगी की पुष्टि केरल में हो गई है जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था इसे अस्पताल में पृथक वार्ड में रखा गया है उसकी हालत स्थिर है और उपचार पर निगरानी रखी जा रही है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

इसके लिए जिले में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है कार्यशाला में प्रशिक्षण के लिए राज्यस्तर के विशेषज्ञ आए है